सुरक्षा के विश्वास का माहौल बनर्ने से आज हर उद्यमी प्रदेश में निवेश करना चाहता है ऐसा सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण के चलते हो सका है मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के गोरखपुर क्लब में शहर ग्रामीण पिपराइच और चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र के लिये पांच सौ अस्सी करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कभी पिछड़ा कहा जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास कार्यों की प्रतिस्पर्या में खड़ा हो गया है इसके लिये सरकार प्रतिबद्व होकर कार्य कर रही है कोरोना पर नियंत्रण के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहां दो कोरोना वैक्सीन बनाने में सफलता मिल चुकी है भारत के औषधि महानियंत्रक ने आपात स्थिति में कोविड के दो टीकों भारतीय सीरम संस्थान के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है भारत के औषधि महानियंत्रक वी जी सोमानी ने आज इन दोनों टीकों को अनुमति देने की घोषणा की औषधि महानियंत्रक ने बताया कि दोनों टीकों के आपात उपयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने स्वीकृति प्रदान की श्री सोमानी ने बताया कि भारतीय सीरम संस्थान पुणे ने तेईस हजार सात सौ पैंतालिस लोगों संबंधी स्रक्षा रोग प्रतिरक्षा क्षमता प्रभावकारिता के आंकड़े प्रस्तुत किये और वैक्सीन की समग्र प्रभावकारिता सत्तर दशमलव चार दो प्रतिशत पाई गई इसके अतिरिक्त संस्थान को देश में एक हजार छह सौ लोगों पर चरण दो और तीन के नैदानिक परीक्षण करने की भी अनुमति दी गई श्री सोमानी ने बताया कि संस्थान द्वारा प्रस्तुत किये गये परीक्षण के आंकड़ो की तुलना विदेशों में हए नैदानिक अव्ययनों से की जा सकती है विस्तृत विचार विमर्श के बाद इस विषय से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने कुछ नियामक शर्तो के अधीन आपात स्थिति में इनके सीमित उपयोग की अनुमति दी श्री सोमानी ने बताया कि संस्थान द्वारा देश में चलाया जा रहा नैदानिक परीक्षण जारी रहेगा

ट्वीट संदेश में उन्होंने देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना के विरूद्व संघर्ष में यह एक निर्णायक मोड़ है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बनी दो वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के योगदान का पता चलता है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षक्धन ने कहा है कि टीकाकरण अभियान बूथ स्तर पर चलाया जाएगा आज सुबह ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इसके लिए कुशल कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है उन्होंने बताया कि टीका लगाने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया गया है

कल बीस हजार नौ सौ तिरसठ रोगी कोरोना से मुक्त हुए इसके साथ ही संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या बढकर निन्यानवे लाख सत्ताईस हजार तीन सौ दस हो गई है फिलहाल दो लाख तैंतालिस हजार दो सौ बीस रोगियों का इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटों में अट्ठारह हजार एक सौ सतहत्तर लोगों में संक्रमण का पता चला इसके साथ ही देश में कुल रोगियों की संख्या बढकर एक करोड तीन लाख से अधिक हो गई है कोविड से मरने वालों की संख्या लगातार कम रही है फिलहाल भारत में कोरोना से मरने वालों की दर एक दशमलव चार प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम है पिछले चौबीस घंटों में कोविड से दो सौ सत्रह लोगों की मौत हुई है देश में अब तक एक लाख उन्चास हजार चार सौ तैंतीस रोगियों की कोरोना से मौत हुई है

वहां के जिलाधिकारी ने बताया कि आज तड़के से ही हो रही तेज बारिश के कारण मुरादनगर में बंबा मार्ग पर श्मशान घाट परिसर में छत और दीवार गिर गयी उन्होंने बताया कि घटना के समय घाट पर अन्त्येष्टि हो रही थी इस कारण वहां करीब तीन दर्जन से अधिक लोग मलबे में दब गये घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है राहत और बचाव कार्य जारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना में हयी लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के आश्रितों को दो दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने मेरठ के मण्डलायुक्त और एडीजी को द्र्घटना की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है